राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं कल एक हजार संतानवे नये मरीजों की पहचान की गई इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर करीब तीन लाख बाईस हजार हो गई है वर्तमान में छह हजार सात सौ से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है वहीं दुर्ग जिले में कल तीन सौ बीस नये कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई इनमें भिलाई इस्पात संयंत्र के चार महाप्रबंधक एक सहायक महाप्रबंधक सहित पैंतालीस लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पल्मोनरी विशेषज्ञ डॉक्टर आरके पांडा ने कहा है कि अभी के मौसम को देखते हुए मामूली सर्दी खांसी बुखार को नजरअंदाज न करते हुए तुरंत कोरोना जांच कराना चाहिए साथ ही जांच कराने के बाद स्वयं को आइसोलेट करना चाहिए ताकि रिपोर्ट पॉजीटिव आए तो परिवार को कोरोना से बचाया जा सके उधर राजनांदगांव सीमा पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है बागनदी के पास महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है कल एक सौ सैंतालीस यात्रियों का सैंपल लिया गया जिनमें से छह यात्रियों की रिपोर्ट पॉजीटिव आई संक्रमित मरीज नागपुर से रायपुर जा रहे थे जिन्हें राजनांदगांव सीमा से ही वापस नागपुर के लिए भेज दिया गया वहीं जिला अस्पताल दुर्ग के मदर चाइल्ड यूनिट की तेरह स्टाफ नर्सों ने पिछले छह महीने में दो सौ अंठावन कोरोना संक्रमित महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराकर नया रिकॉर्ड बनाया है कोरोना टीकाकरण छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्यकर्मियों फ्रंटलाइन वर्कर्स साठ वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का टीकाकरण नियमित रूप से जारी है कल सत्तर हजार पांच सौ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया इस बीच राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया है कि प्रदेश को जल्द ही केन्द्र सरकार से पांच लाख छब्बीस हजार नई वैक्सीन मिलने वाली है वैक्सीन की नई खेप अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएगी इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से अपील की है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी वे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी ऐहतियात बरतें इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए साठ वर्ष से अधिक उम्र के और पैंतालीस वर्ष से उनसठ आयु समूह के पात्र लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मेकाहारा के आईसीयू में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं इसलिए सभी को अत्यधिक सावधानी रखने की जरूरत है डॉक्टर सुंदरानी ने कहा कि सर्दी बुखार कफ आदि के लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि छोटी सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है केंद्रीय राज्यमंत्री बयान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना अभी थमा नहीं है राज्य सरकारें टीकाकरण और जांच का दायरा बढ़ाएं श्री चौबे आज नई दिल्ली से रायपुर पहुंचने के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोरोना जांच टीकाकरण और अन्य मुद्दे पर किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है केंद्रीय राज्यमंत्री ने वैक्सीन को लेकर हो रहे दुष्प्रचार को गलत बताते हुए कहा कि भारत में बनी दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है उन्होंने कहा कि भारतीय वैक्सीन को केन्द्र सरकार कई अन्य देशों को भी भेज रही है और वहां से अच्छे परिणाम आ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में दस मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर और पेट सीटी मशीन का लोकार्पण करने के लिए राजधानी आए हुए हैं अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड नाइंटीन के उपचार संबंधी सुविधाओं और इसके वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करेंगे वर्चुअल कोर्ट शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन ने आज रायपुर में राज्य के पहले वर्चुअल कोर्ट और नये न्यायालय भवन के अट्ठारह कोर्ट रूम का ऑनलाइन शुभारंभ किया इस मौके पर न्यायमूर्ति मेनन ने कहा कि वर्चअल कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन कार्रवाई किए जाने से न्यायाधीशों के पास अन्य न्यायालीन कार्यों के लिए समय की बचत होगी यह आम पक्षकारों के लिए भी सुविधाजनक है कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने वर्चुअल कोर्ट की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी दी

दोनों माओवादियों का शव बरामद कर लिया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कुआंकोंडा थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे इस दौरान कवासीपारा और बड़े गुडरा के जंगलों में घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दो माओवादी मारे गए इनकी पहचान माड़वी हड़मा और अयाता एतेपल के रूप में हुई है इन दोनों माओवादियों पर चार लाख रूपये का इनाम घोषित था घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से पांच किलो के आईईडी के अलावा नौ एमएम का पिस्टल एक देशी कटटा और दो हथियार बरामद किए हैं उधर सुकमा जिले के फूलबगड़ी इलाके से सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों से लूटपाट करने वाले एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है भाजपा धान खरीदी निरीक्षण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आज गिरौदपुरी प्रवास के दौरान कसडोल हथबंध और देवरी धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि अब तक प्रदेश के कई केन्द्रों में धान का उठाव नहीं हुआ है जिससे धान सड़ने लगा है

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कल इस महोत्सव का शुभारंभ किया इस मौके पर प्रदेश के इंक्यावन वरिष्ठ महिला और युवा साहित्यकारों का सम्मान किया गया महोत्सव में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के बढ़ते परिदृश्य साहित्य संस्कृति और स्वाभिमान हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी के अंतर संबंध छत्तीसगढ़ साहित्य के विविध आयाम संस्कृति पत्रकारिता और कला के विषयों पर संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा की जा रही है

इस कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी भी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे वहीं मुख्यमंत्री कल ही गोधन न्याय योजना की पंद्रहवीं और सोलहवीं किश्त के रूप में पश्पालकों के खातों में सात करोड़ पचपन लाख रूपए का भुगतान करेंगे खेल समाचार राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत कल होने वाले फाइनल मुकाबले में इंडिया लीजेंड्स की टीम श्रीलंका लीजेंड्स से भिड़ेगी इससे पहले कल रात खेले गए द्सरे सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका लीजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को आठ विकेट से पराजित किया उधर जगदलपुर में जिला प्रशासन समाज कल्याण विभाग और खेल तथा युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय दृष्टिबाधित दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब बस्तर की टीम ने जीत लिया है कल खेले गए फाइनल मुकाबले में बस्तर ने राजनांदगांव की टीम को हराया इस प्रतियोगिता में सरगुजा की टीम तीसरे और रायपुर की टीम चौथे स्थान पर रही स्पर्धा में सौ से से अधिक दिव्यांगजन द्रष्टिबाधित खिलाड़ी शामिल हुए इस बीच भिलाई में खेले गए आईटीएफ वर्ल्ड लॉन टेनिस टूर अंडर अट्ठारह टूर्नामेंट का खिताब भारत ने जीत लिया है बालक वर्ग में ध्रव हिरपारा और बालिका वर्ग में श्रुति अहलावत ने जीत हासिल की है मौसम मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है साथ ही एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है कल रात राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई वहीं आज भी कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं

इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में रानी अवंतिबाई का नाम गर्व और सम्मान से लिया जाता है

इसकी कीमत करीब चार करोड़ रूपये बताई जा रही है